भारत और जापान रणनीतिक साझेदारी का विस्तानर करने पर सहमत हुए

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यसभा में ये जानकारी दी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य के युवाओं को तटरक्षक बल में भी रोजगार के अवसर मिलेंगे

बैठक में नरेन्द्र मोदी ने भारतीय शिष्टमंडल के सभी सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए शिंजो आबे और जापान सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने कहा कि आबे उनके पहले मित्र हैं जिन्होंने हाल के लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर उन्हें शुभकामनाएं दी बाद में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि दोनों देश नीतिगत संबंधों का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत जापान संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की विजय गोखले ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इस साल भारत में होने वाले दोनों देशों के वार्षिक शिखर सम्मेलन के सिलसिले में शिंजो आबे की भारत यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं

राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और पिछले चार वर्षों में मंत्रालय ने इस नीति को लेकर व्यापक चर्चा की है इससे पहले तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने यह मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के बारे में राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श नहीं किया गया है

रूद्रप्रयाग के गांवों और कस्बों से लाए गए दूध और दुग्ध पदार्थों को एटीएम वैंडिंग मशीन के जरिये लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा इस अवसर पर मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सभी उपभोक्ता आंचल ब्राण्ड दूध और दुध पदार्थो का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें इससे स्थानीय किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में मदद मिलेगी

समारोह की शुरुआत प्रदेश की लोक संस्कृति की सतरंगी छटा बिखेरती हुई सांस्कृ तिक कार्निवल से हुई पारंपरिक वेशभूषाओं में कलाकारों ने लोक नृत्य भी पेश किये इस मौके पर योग मैराथन साइकिल रैली भी आयोजित की गई स्वर्ण जयंती समारोह में स्थानीय उत्पादों के स्टॉल और विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थीम आधारित प्रदर्शनी में दर्शक गढ़वाल की विविधताओं से रूबरू हुए कमिश्नरी स्थापना से सम्बंधित राज्य का यह पहला कार्यक्रम है गढ़वाल मंडल आयुक्त बी वी आर सी पुरूषोत्तम ने बताया कि कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नौ योजनाओं का शिलान्यास करेंगे

उन्होंने आईआईटी और वाडिया इंस्टीट्यूट के इंजीनियर और वैज्ञानिकों से केदारनाथ के ऊपरी भाग पर स्थित चोराबाडी ताल और आस पास के क्षेत्र की जानकारी ली निरीक्षण के बाद तकनीकि विशेषज्ञों ने इसमें किसी भी तरह के नुकसान की आशंका से इंकार किया उन्होंने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया वैज्ञानिकों ने कहा कि इस ताल में बर्फ पिघलने से पानी जमा होना सामान्य प्रक्रिया है केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान पर्यटन सचिव ने केदारनाथ आस्था पथ का निर्माण इस वर्ष जुलाई तक पूरे करने के निर्देश दिये उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और इसकी थर्ड पार्टी के स्तर पर गुणवत्ता की जांच निश्चित अन्तराल के बाद सुनिश्चित करने के निर्देश दिये इसके साथ ही उन्होंने केदारनाथ में बनाए जा रहे पुरोहित आवासों का भी निरीक्षण किया साथ ही इसमें स्थानीय शिल्प पर भी ध्यान देने को कहा उन्होंने ध्यान गुफा के बेहतर संचालन के लिए गढ़वाल विकास निगम के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के भी निर्देश दिये